केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई स्धारों और योजनाओं का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

श्री मोदी ने कहा कि किसानों को बड़े और अधिक लाभदायक बाजारों तक पहंच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उडान योजना श्रू की गई है नये कृषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती

इस दौरान राज्यपाल ने बताया की सैन्य बल सदभावना और समारीटन योजनाओ के जरिए अरुणाचल वासियों के दिल जीत रहे है उन्होंने रक्षा मंत्री से अरुणाचल में इस तरह के ओर अधिक पहल की श्रुआत करने का स्झाव दिया राज्य में सशस्त्र बल इकाई द्वारा प्रदेश के य्वाओ के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण स्विधा देने की विशेष प्रावधान की अपील को राज्यपाल ने फिर से दोहराया केंद्र सरकार के विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमो के तहत सीमा सड़क संगठन दवारा निर्माणाधीन सीमा सड़को और प्लो खासकर रणनीतिक महत्व वाले मियाओ विजयनगर सड़क पर भी उन्होंने म्द्दे उठाए

इस अवसर पर उन्होंने पंचायती लिडरो की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया श्री खांडू ने पार्टी कार्यकर्ताओ से आत्म निर्भर भारत अभियान को प्री लगन से करने को कहा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लिए वीजन को समझने के लिए प्रधानमंत्री के अपडेट और भाषण नियमित रुप से स्नने को कहा ताकि उसके अन्रुप वे लोगो के कल्याण के लिए काम कर सके बाद में तवांग के वोंगपा लाटसे स्थित साप्ताहिक बाजार का श्री खांडू ने उद्घाटन किया इस दौरान उन्होंने कहा की यह साप्ताहिक बाजार स्थानीय किसानो व्यपारियों और कारिगरों को स्थान प्रदान कर रहे है जहा वे अपने खेती के उत्पाद और स्थानीय उत्पादन बेच सकेंगे म्ख्यमंत्री ने कहा की यह बाजार स्थानीय लोगो की आमदनी और आत्म निर्भरता को प्रोत्साहित करेगा

डिजिटल लाइब्रेरी में किताब रिफ्रेंस ऑर्टिकल नोक्टे जनजाती के इतिहास और संस्कृति पर ऐतिहासिक दस्तावेज इत्यादि को निश्ल्क पढ़ा जा सकता है इस डिजिटल प्स्ताकालय के संस्थापक वागंत्म हमछा लोवांग है इस अवसर पर जिला प्स्तकालय और स्चना अधिकारी ने श्री लोवांग के सोच की सराहना करते हए कहा की छात्रो के लिए यह मददगार साबित होगा इस डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए छात्र अपने संस्कृति और परंपरा के जान को विस्तार से जान पाऐंगे

अब तक राज्य में सोलह हजार सात सौ सड़सठ कोविड पॉजिटिव मरीज स्वस्थ हो चूके है स्वस्थ होने वालो की दर निन्यानवे दशमलव छह दो प्रतिशत है वर्तमान में राज्य में सात सक्रिय मामले है और अब तक प्रदेश में कोविड से छप्पन लोगो की जान जा च्की है

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री जावडेकर ने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने में बडा लचीलापन दिखाया है और संकट को अवसर में बदल दिया है उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान शिक्षा प्रणाली पर कोई बूरा असर नहीं पडा और बच्चों को ऑन लाइन शिक्षा दी गई

श्री जावडेकर ने कहा कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर भी शैक्षिक गतिविधियां जोर शोर से चल रही हैं और विद्यार्थियों के लिए लाखों शैक्षिक व्याख्यान अपलोड किए गए हैं

पिछले सोमवार को संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकद्वा करेगी